वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आय्ष चिकित्सकों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष का नेटवर्क देशभर में मौज़द है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक है श्री मोदी ने तनाव कम करने और शरीर को सशक्त बनाये रखने के लिए हैशटैग योगा एट होम को बढ़ावा देने में आय्ष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की हाईकोर्ट कोरोना उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के म्ख्य न्यायधीश ने सात वर्ष या उससे कम सजा काट च्के कैदियों को पैरोल पर रिहा करने को लेकर राज्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हये नैनीताल जिला जज डॉ जेके शर्मा ने बताया कि पैरोल या अन्तरिम जमानत का प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन की ओर से राज्य सरकार या सम्बन्धित न्यायालयों को भेजे जायेंगे यह फार्म ऑनलाइन भरे जायेंगे ताकि न्यायालयों और शासकीय कार्यालयों में भीड़ न हो जिला न्यायाधीश की ओर से लाभान्वित कैदियों के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्रों की ऑनलाइन स्नवाई के लिए व्यवस्था स्निश्चित की जायेगी उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पैरोल पर रिहा होने वाले कैदियों को कारागार से उनके घर तक पहंचाने की व्यवस्था करेंगे

पहले य्वक को उसके घर पर ही आइसोलेशन में रखा गया था लेकिन बाद में उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया

य्वक द्बई से लौटने के बाद अपने परिवार के चार सदस्यों के संपर्क में रहा सीएमओ डॉ मीनाक्षी जोशी ने बताया कि परिवार के चार सदस्यों को भी क्वारंटाइन किया गया है ये भी पता किया जा रहा है कि य्वक इस अवधि में और किन लोगों के संपर्क में आया अब तक राज्य में कोरोना के छह पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इसनें से एक मरीज ठीक हो चुका है अब चार लोग दुन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं कोरोना मख्यमंत्री म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में बताया कि कोरोना पॉजिटिव जिन तीन आईएफएस अधिकारियों का इलाज चल रहा था उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है उनके स्वास्थ्य में काफी स्धार है म्ख्यमंत्री ने उनके ईलाज में ज्टे चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई दी मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए यदि किसी के स्झाव हों तो उसका स्वागत है प्राप्त स्झावों पर सरकार और शासन दवारा विचार किया जाता जाएगा

कोरोना वायरस प्रभारी कोरोना वायरस की रोकथाम प्रभावी नियंत्रण और अन्श्रवण के लिए प्रदेश के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को उत्तराखण्ड के जिलों का प्रभारी निय्क्त किया गया है इस क्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार सु्बोध उनियाल को टिहरी और उत्तरकाशी डॉ हरक सिंह रावत को पौड़ी अरविन्द पाण्डेय को चम्पावत और पिथौरागढ़ का प्रभारी निय्क्त किया गया है यशपाल आर्य को अल्मोड़ा और नैनीताल मदन कौशिक को देहरादून और उधमसिंह नगर राज्यमंत्री डॉ धनसिंह रावत को रुद्रप्रयाग और चमोली और रेखा आर्या को बागेश्वर का प्रभारी निय्क्त किया गया है

म्ख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रविंद्र दत्त ने यह जानकारी देते हए बताया कि इस हेल्पलाइन को अतिरिक्त आवश्यक संचार उपकरणों से और अधिक प्रभावी बनाया गया है

प्राप्त शिकायतों और समस्याओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा रही है

सोशल डिस्टेंसिंग राजधानी देहरादून में जरूरत का सामान लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का जनता दवारा पालन न करने पर आज से प्लिस ने नया तरीका अपनाया है

इस दौरान मोहल्ले के द्कानदारों को प्लिस द्वारा एक पास जारी किया जाएगा जो आढ़त बाजार जाकर राशन इत्यादि की खरीद कर सकेंगे इस समय आम नागरिक वहां पर नहीं जाएंगे आम लोगों को अपने मोहल्लों की द्कानों से ही जरूरत का सामान पूर्व निर्धारित समय के बीच लेना पड़ेगा इसका पालन कराने के लिए प्लिस फोर्स तैनात रहेगी

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता जे सी पांडेय ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है

शेष लोगों के खातों में आर्थिक सहायता भेजने की प्रक्रिया चल रही है मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया की इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में कोई भी श्रमिक भूखा न रहे जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें तीन महीने का राशन दिया जा रहा है

सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया है जो लोग दूसरे राज्यों से आये हैं उनका मेडिकल परीक्षण करा कर उन पर नजर रखी जा रही है हालांकि दूसरे राज्य से आये मजदूर सार्वजनिक वाहन नहीं चलने से पैदल ही घर जा रहे हैं इनमें अधिकांश लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उधर बागेश्वर में खादय आपूर्ति विभाग दवारा जिले में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को चिन्हित किया गया है इनके लिए राशन के पैकेट तैयार किये गए हैं जिसमें आटा चावल दाल चीनी तेल सब्जी मसाले चायपत्ती मोमबत्ती माचिस और नमक जैसी जरूरी सामग्री है